कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

इन लोगों को पहली मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा

इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा

इस सिस्टम ने काम करना भी शुरू कर दिया है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी देते हुए आज बताया कि यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है श्री अवस्थी ने बताया कि यह प्लेटफार्म प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिवहन एव गृह विभाग के सहयोग से कार्य कर रहा है राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाले वाहनों की रियल टाइम लोकेशन की इस डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से मॉनिटरिंग व ट्रेकिंग होने से अस्पतालों की मॉग पर यथाशीघ्र ऑक्सीजन की व्यवस्था सुलभ हो रहो है

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार भारतीय वायु सेना की मदद भी ले रही है उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार पांच बड़े ऑक्सीजन के टैंकर प्रदेश को उपलब्ध करा रही है ऑक्सीजन के परिवहन में खास सुरक्षा बरती जा रही है प्रत्येक टैंकर को पुलिस सूरक्षा प्रदान की गई है

यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस बात के कड़े निर्देश दिये हैं कि कोई भी गरीब कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती होने से वंचित न रहे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब मरीजों के लिये निजी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था की है इसके लिये निजी अस्पतालों को प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान करेगी निजी अस्पताल में भर्ती होने के लिये पात्र मरीज को जिले के कोविड कमांड सेन्टर से भर्ती होने की अनुमति दी जायेगी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

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं के दल ने देश में कोविड मरीजों की संख्या में शीघ्र ही गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रोफेसर मनिन्द्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है बाइट उत्तर प्रदेश का आंकलन मेरा ये है कि हम इस समय जो उच्चतम स्तर है केसिज का उसको हम पार कर चुके हैं और अब हम नीचे जाएंगे और ये पिछले तीन दिनो का यदि आप देखें केसिज का डेटा तो उससे भी ये दिख रहा है कि धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया है प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि विशेष गणितीय गणना सूत्र के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य में कोविड के प्रमुख केंद्र लखनऊ में रोगियों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है बाइट हमारे मॉडल के द्वारा ये निकल के आ रहा है कि लखनऊ अपने उच्चतम स्तर को पार करके अब नीचे जाना प्रारंभ कर चुका है और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लखनऊ से कोविड केसों की संख्या लगातार कम होते जाएंगे प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मई के पहले सप्ताह के बाद कोविड महामारो की दूसरी लहर धीमी हो जाएगी और देश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आ जाएगी लगभग लगभग समझ लीजिए कि अधिकतम राज्य मई के पहले हफ्ते तक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे जिसका मतलब करीब एक हफ्ते आज से नीचे के और फिर वहां से नीचे होना प्रारंभ हो जाएंगे और भारतवर्ष के लिए भी हमारा जो आंकलन है वो यही कहता है

मतदान के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिये व्यापक प्रबंध किये हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी बंदोबस्त करने को कहा है इस चरण में जिन जिलों में मतदान होगा उनमें बुलन्दशहर हापुड़ संभल शाहजहांपुर अलीगढ़ मथुरा फर्रूखाबाद बांदा कौशाम्बी सीतापुर अम्बेडकर नगर बहराइच बस्ती कुशीनगर गाजीपुर सोनभद्र और मऊ शामिल है मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक केसर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है केसर सिंह बरेली के नवाबगंज से भाजपा विधायक थे हाथरस जिले के थाना हाथरस गेट इलाके के गांव नगला सिंगी और नगला प्रहलाद में शराब के सेवन से छः लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है इन गांवों के पांच लोगों का अलीगढ में इलाज चल रहा है और दो लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने इस मामल में गांव में शराब बेचने के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया ह और पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गयी है पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम भी करा दिया है लेकिन पोस्टमार्टम से कोई भी स्थिति साफ नही हो सकी है विसरा सुरक्षित कर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव आबकारी के स्तर से अवैध शराब की घटनाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी गुदरी में बीती आधी रात को एक मकान धराशायी हो गया

जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो दो लाख रूपये देने की बात कही है जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि तीन पीढ़ी से यह लोग प्राने जर्जर मकान में किराए पर रह रहे थे भवन जर्जर होने के कारण गिर गया